सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखे हाथ और मुंह साफ रखे केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड संक्रमण की श्रृंखला तोडने के लिए जांच का दायरा बढाने और कंटेनमेंट जोन तथा माइक्रो कंटेनमेंट जोन स्थापित करने के लिए कहा है कोविड और इससे होने वाली मौतों के मामलों में बढोत्तरी वाले ग्यारह राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से तत्काल और प्रभावी उपाय करने के साथ ही मानक दिशा निर्देशों का कडाई से पालन करने को भी कहा गया है मंत्रिमंडल सचिव राजीव गौवा ने कल सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की बैठक में बताया गया कि टीयर ट् और टीयर थ्री शहरों के साथ साथ अर्दघ शहरी क्षेत्रों में हाल ही में कोविड मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि ये कोविड नमनों की जांच तेज करें ताकि संक्रमण की पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत या उससे नीचे ही बनी रहे मंत्रिमंडल सचिव ने कहा कि कोविड के मामलों में बढोत्तरी की दर पिछले महीने छह दशमलव आठ प्रतिशत थी जो जुन दो हजार बीस के साढे पांच प्रतिशत के रिकॉर्ड से काफी अधिक थी श्री गौबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से कहा कि वे कोविड के मामलों में बढोत्तरी से निपटने के लिए भरसक प्रयास करें उन्होंने कहा कि इस काम में केन्द्र सरकार की तरफ से भरपूर संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा देश में अब तक सात करोड़ तीस लाख चौवन हजार कोविड टीके लगाये जा चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीस घटों में तीस लाख तिरानबे हजार लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच चौवालीस हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हए इस संक्रमण से ठीक होने की दर तिरानबे दशमलव तीन छह प्रतिशत रह गई है मंत्रालय ने बताया है कि अब तक एक करोड पन्द्रह लाख सेअधिक रोगी ठीक हुए है वर्तमान में सक्रिय मामलों की क्ल संख्या छह लाख अट्ठावन हजार से अधिक है जो क्ल संकमित लोगों का पांच दशमलव तीन दो प्रतिशत है प्रदेश में कोविड संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी स्कूल ग्यारह अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार की प्रभावी व्यवस्था करें केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार कुछ ही वर्षो में बिजली के चालीस से साठ वाट तक के सभी सामान्य बत्बों को एलईडी बत्बों में बदल देगी उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले छह वर्षो में दो अरब सामान्य बत्बों को एलईडी बत्बों में बदला है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बिजनेस कॉन्क्लेव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हए श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस पहल से न केवल कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि इससे ऊर्जा की भी बचत होगी उन्होने कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है और वर्तमान में देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक सौ छत्तीस गीगावाट है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस के लिए नवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में कोई कटौती नहीं करने का फैसला किया है बोर्ड ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है जिसमें पिछले शैक्षणिक वर्ष में हटाये गये अध्यायों और विषयों को अगामी शैक्षणिक सत्र दो हजार इक्कीस बाईस में बहाल कर दिया गया है आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि पाठ्यक्रम में कटौती एक बार केवल दो हजार इक्कीस की बोर्ड परीक्षाओं के लिए थी पिछले वर्ष सीवीएसई ने अपने पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाते हुए साल दो हजार बीस इक्कीस के लिए नवीं से बारहवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में तीस प्रतिशत कटौती कर दी थी कोविड को देखते हुए छात्रों का बोझ कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया था जिन छात्रों के पाठ्यक्रम में कटौती की गई वे इस साल मई जून में परीक्षा देंगे जम्म् कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अट्ठाईस जून से शुरू होगी इस वर्ष लगभग छहलाख श्रद्दाल्ओं के यात्रा में शामिल होने की संभावना है दक्षिणी कश्मीर में श्री अमरनाथ जी के हिमालय गुफा के रसतल पर छप्पन दिनों तक चलने वाली वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण इस महीने की पहली तारीख से पहलगाम और बालकन मार्गो के लिए देशमर के चार सौ छियालिस नामित बैंकों के माध्यम से आरम हो चुका है राज्य सरकारों या केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिकृत रूप से या चिकित्सा संस्थानों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र यात्रा शुरू करने के लिए अनिवार्य है तेरह वर्ष से कम आयु या पचहत्तर वर्ष से अधिक आयु के लोगों और छह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा